केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज चंडीगढ़ की केन्द्रीय फोरसेनिक जांच प्रयोगशाला में डीएनए विश्लेषण केन्द्र का उदघाटन किया

केन्द्रीय मंत्री आज बठि़्डा में अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान में ओपीडी सेवाओं के उदघाटन अवसर पर बोर रहे थे जहां मरीजों को सुविधा मिलनी श्रू हो रही है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस ओपीडी सुविधा होने से पंजाब सहित राजस्थान हरियाणा व अन्य राज्यों के लोगों को भी लाभ होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को आज उनकी जयंती पर श्रदवाजंलि अर्पित की एक टिवीट में श्री मोदीने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने मेहनतकश किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास किये प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रजातांत्रिक तान बाने को मजबूत करने के लिए चौधरी चरण सिंह हमेशा आगे रहे केन्द्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्पात क्षेत्र को भरोसा दिलाया है कि उसे कच्चे माल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए काफी चितिंत है

सड़क परिवहन और राजजार्ग मंत्रालय ने इस समस्या को इल करने की योजना बनाई है और इस मुद्दे को मंत्रिमंडल में ले जाने का इरादा है

पलवल के आर्य केन्द्रीय सभा और हरियाणा की आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा के तत्वाधान मे आज स्वामी श्रदवानंद सरस्वती का बलिदान दिवस मनाया गया पलवल में इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किये गये और दयानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पातली गेट से न्यू कालोनी स्थित स्वामी श्रदानंद पार्क तक एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई इस मौके पर विशाल शोभायात्रा के संयोजक हरीश चन्द्र शास्त्री ने कहा कि आर्य समाज की सभी संस्थायें नागरिक संशोधन कानून का समर्थन करती है उन्होंने आहवान किया कि सभी देश भक्तों को इस बिल के समर्थन में आगे आना चाहिए हरियाणा बाल कल्याण परिषद दवारा मनाया जा रहा राज्य स्तरीय पांच दिवसीय मेला आज ग्रूग्राम में सम्पन हो गया इस अवसर पर बोलते हये परिषद के महासचिव कृष्ण प्रल ने बताया कि पांच दिन चले इस महोत्सव मे एक लाख से अधिक बच्चों ने भाग लिया इस दौरान बच्चों की कई प्रतियोगितयायें कराई गई और उन्हें ट्रैफिक नियमों व कई सामाजिक ब्राईयों बारे जागरूक भी किया गया शीर्षक में नई श्रंखला शुरू की जा रही है जो हर सोमवार को प्रसारित होगी आज की अच्छी खबर है छात्राओं के छेड़खानी की घटनाओं पर अंकृश लगाने एव उन्हे भय मुक्त माहौल में शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए हरियाणा के जींद जिले के गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर की महिला संरपच कवीता देवी ने एक अनोखी एंव सरानीय पहल दिखाते हये ग्राम पंचायत के मद से राजकीय वरिष्ठ महाविद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए है जिससे एक ओर जहां छात्राएं भय मुक्त माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रही है वहीं स्कूल के प्राचार्य नरेस मलिक के अन्सार शिक्षा के माहौल में भी सुधार आया है और स्कूल में अन्शासन का माहौल बना है लोगों और छात्रा नीत् एंव प्रीती का कहना है कि गांव की संरपच की यह उल्लेखनीय पहल आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा

इस मौके पर बोलते हये केन्द्रीय मंत्री ने सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को फोरसेनिक विज्ञान से जुड़े मामलों के लिए इस सुविधा का प्रयोग करने और अपने राज्यों में भी ऐसी स्विधा स्थापित करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि इस स्विधा के शुरू होने से आध्निक प्रतिसवेदी अपराधिक न्याय व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी उन्होंने यह भी कहा कि प्लिस शोध एवं विकास ब्यूरों द्वारा फोरसनिक सबूत इकट्ठे करने में छ हजार से अधिक कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है हमारे संवाददाता अश्विनी क्मार शर्मा ने बताया कि ये अत्याध्निक फोरसनिक डीएनए विश्लेषण केन्द्र निन्यानवे करोड़ छियतर लाख रूपये की लागत से निर्भया फंड स्कीम के तहत स्थापित किया गया है इसमें प्रतिवर्ष दो हजार मामलों के विशलेषण की सुविधा होगी इस मौके पर चंडीगढ़ से किरण खेल तथा ग़हमंत्रालय में महिला स्रक्षा बारे संयुक्त सचिव श्रीमती प्ण्या सलिला श्रीवास्व भी मौजूद थी

ग्रूग्राम प्लिस ने ए सी पी अपराध प्रीतपाल सिह ने बताया कि दो नाबालिग श्टर लड़के भी इस गिरोह में शामिल है और ये चारों अपराधी हत्या की फिराक में थे जब प्लिस ने इन्हें दबोज लिया

फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाध्न लेकर विक्की कौशल को उरी दी सर्जिकल स्ट्राईक फिल्म के लिए अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूपये रूप से दिया गया वहीं अंधाध्न को सर्वक्षेष्ठ हिन्दी फिल्म का प्रस्कार दिया गया

फिल्म पद्मावत को घूमर गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का प्रस्कार प्रदान किया वहीं संजय लीला भंसाली को सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक के प्रस्कार से सम्मानित किया गया इसके अलावा मराठी फिल्म पानी को पर्यावरण संरक्षण पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रस्कार दिया गया इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने कहा कि फिल्मों के जरिये भारत में पर्यटन् को बढ़ावा देकर दनिया को यहां की संस्कृति से जोड़ा जा सकता है